वे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाये रखने और प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभायेंगे जनरल रावत पदभार ग्रहण करने से पहले वार ऑफ मेमोरियल गये और शहीदों को श्रद्धाजंलि अर्पित की इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका कार्य सेना के तीनों अंगों के बीच सामंजस्य बनाकर देश की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनने पर बघाई दी है उन्होंने कहा कि जनरल रावत एक उत्कृष्ट अधिकारी है और उन्होंने उत्साह के साथ देश की सेवा की है

आज बैंगलुरू में नये साल के लिए इसरो के कार्यकमों पर चर्चा करते हुए के सिवन ने कहा कि भारत का प्रतिष्ठित गगनयान मिशन भी प्रगति पर है और इसके लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया गया है तथा इसी महीने के तीसरे सप्ताह से उनका प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया जायेगा इसरो प्रमुख ने बीते साल को देश के अंतरिक्ष अनुसंधान में नई उंचाईयों वाला बताया

इधर प्रदेश में कई स्थानों पर शराब से दूर रहने और स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहने का संदेश देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दूध पिलाकर नववर्ष का स्वागत किया गया

नागरिकता संशोधन कानून के प्रति जनजागरण के लिये भारतीय जनता पार्टी की तीन जनवरी को जोधपुर में आयोजित होने वाली रैली की तैयारियां शुरु हो गयी हैं इस रैली को पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह सम्बोधित करेंगे